स्लग सीएम लोकार्पण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने पर राज्य सरकार विचार करेगी उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के निराकरण में देरी करने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया जायेगा आज देहरादून में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के कार्यालय भवन के लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान करना जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का दायित्व होता है मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार आयोग को स्थाई भवन मिलने से जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ समयबद्वता के साथ उपलब्ध होने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम लाने का मुख्य उद्देश्य जन हित से जुड़े सरोकार और जन समस्याओं का समाधान करना है

अन्य सेवाओं को भी इस अधिनियम में जोड़ने का प्रयास किया जायेगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोग द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों के सेवावार विवरण के बारे में पुस्तक का विमोचन भी किया

इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानाचार्यो से स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय परियोजना के तहत स्कूलों में आए बदलाव की जानकारी ली प्रधानाचार्यों ने बताया कि स्कूलों में शौचालय स्वच्छ होने से छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है साथ ही स्वच्छता को लेकर सभी को जागरुक किया जा रहा है राज्यपाल ने स्वच्छता की मुहिम को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने हरेला पर्व की बधाई देते हये लोगों से जल संरक्षण और संवर्धन की अपील की उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी को रोकना हम सभी की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए

इसके अलावा जल संरक्षण के लिए टैंक का निर्माण भी किया जा रहा है मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इस अभियान से ग्राम पंचायतों सामाजिक संस्थाओं और स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्माण कार्यों से जहां किसानों को खेती बाड़ी में भी सुविधा होगी वहीं पालतू पशुओं और जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो सकेगी स्लग केदारनाथ जायजा रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने केदारनाथ पैदल मार्ग का जायजा लिया और मॉनसून के दौरान की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया उन्होंने बरसात के मौसम में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए यात्रा में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये उन्होंने केदारनाथ यात्रा पर आये श्रद्वालुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखने को भी कहा जिलाधिकारी ने केदारनाथ पैदल मार्ग का गौरीकृण्ड से छोटी लिनचोली तक निरीक्षण किया छोटी लिनचोली के पास पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बारिश के दौरान यात्रियों का आवागमन बंद करने को कहा

इस शिविर में सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दुर्गा शर्मा ने वृद्ध नागरिकों के भरण पोषण के लिए विधिक सेवाओं और अन्य योजनाओं की जानकारी दी साथ ही लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता लेने के बारे में विस्तार से बताया गया शिविर में घरेलू हिंसा भरण पोषण दहेज उत्पीड़न और पारिवारिक विवाद के बारे में भी बताया गया इस दौरान विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाये और कई लोगों की समस्याओं का निपटारा किया गया स्लग कौशल दिवस कौशल भारत योजना की आज चौथी वर्षगांठ पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की कई पहल कर रही है लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि औद्योगिक संस्थानों से सम्पर्क मजबूत करने के लिए प्रत्येक संस्थान में उद्योग प्रकोष्ठ हैं

साथ ही राज्य में पशु आहार सभी स्थानों पर एक ही दर पर उपलब्ध कराया जायेगा पंतनगर में आयोजित एक गोष्टी में उन्होंने कहा कि पश् आहार द्धारू पशुओं के दूध में वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत्र है गुणवत्ता वाला पशु आहार दुधारू पशुओं की प्रजन्न क्षमता में सुधार भी लाता है श्री रावत ने कहा कि डेरी विकास को बढ़ावा देने के लिए पश् पालकों को पशुओं के लिए पश्शेड बनाने के लिए सब्सीडी भी उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने बताया कि पशुपालन से महिलाओं को जोड़ने के लिए महिला समूहों को विशेष लाभ दिया जा रहा है

स्लग स्वच्छता पखवाड़ा उत्तरकाशी में स्वच्छता पखवाड़ा के अन्तर्गत ओएनजीसी के सहयोग से गंगोरी और गंगोत्री में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गये इस दौरान गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत और जिलाधिकारी आशीष चौहान ने राजकीय इंटर कालेज गंगोरी की बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग और इंसिनरेटर मशीन की सौगात दी है श्री रावत ने बताया कि आध्रनिकता के इस दौर में बेटियों को भी स्वच्छता के बारे में जागरूक करना जरूरी है इसलिए बालिकाओं के मासिक धर्म से निपटने के लिए विद्यालय में सैनिटरी मशीन स्थापित की गई है मशीन में पांच और दस रूपये के सिक्के डालने से बालिकाओं को आसानी से सैनिटरी पैड नैपकिन आदि विद्यालय में ही उपलब्ध हो पाएंगे जिलाधिकारी ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के समापन अवसर पर श्री गंगोत्री धाम में ओएनजीसी के सहयोग से मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज सफाई अभियान चलाया

इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ये योजना बच्चों के लिए लाभदायक साबित होगी और उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी योजना के तहत बच्चों को फोर्टिफाइड सुगन्धित मीठा दुग्ध चूर्ण दिया जाएगा

स्लग कोचिंग सेंटर प्रशासनिक सेवाओं में भविष्य बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं की राह में अब आर्थिक तंगी बाधा नहीं बनेगी अल्मोड़ा में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया खुद युवाओं को सिविल सर्विसेज और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग दे रहे हैं उनके अलावा अन्य अधिकारी भी युवाओं को शाम को दो घंटे पढ़ा रहे हैं

प्रवेश परीक्षा देने के बाद छात्र छात्राओं को कोचिंग सेंटर में प्रवेश दिया जा रहा है उनको पढ़ाने के लिए बाहर से प्रोफेशनल शिक्षक भी बुलाए जा रहे हैं जिलाधिकारी ने कहा कि अल्मोड़ा जिले के होनहार बच्चे जो आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों से है उन्हें आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है इसी तरह रानीखेत और द्वाराहाट में भी निश्ल्क कोचिंग सेंटर्स की शुरूआत की जायेगी स्लग मलबा चंपावत चम्पावत जिले के टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर स्वांला के पास भारी मलबा आने से यातायात करीब चार घंटे बाधित रहा पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे के कारण टनकपुर चम्पावत का सफर जोखिम भरा हो गया है हल्की बारिश में ही चट्टानें दरक रही हैं

जिनमें लगातार भूस्खलन हो रहा है इन जगहों पर सड़क खोलने के लिए जेसेबी और पोकलैंड मशीनें खड़ी की गई हैं

उत्तरकाशी चमोली अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं बारिश की खबर है मौसम विभाग ने आज देहरादून हरिद्वार पौड़ी नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में भारी से बहत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है

वहीं बारिश से जगह जगह सड़कें भी बाधित हुई हैं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जिले में आठ ग्रामीण मोटरमार्ग बंद हैं

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा